प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने को कहा है

तब उन्होंने कहा था कि इससे निपटने के प्रयास पूरी तरह से विज्ञान आधारित होने चाहिए उस समय भारत में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया था

उपायुक्त छवि रंजन ने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों का डेटा बेस प्राप्त करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत व्यवस्था की जानी है भारत ने कोविड की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

देश में संक्रमण की दर अब चार दशमलव पांच प्रतिशत रह गई है

देश में चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और केंद्र तथा राज्यों के डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के कारण स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह केवल एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है

बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सरकार का पक्ष रख रहे हैं बैठक में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत में क्र षि मंत्री नेरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रही है उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज की वार्ता के बाद इस समस्या का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस वर्ष का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देंगे इस वर्ष का विषय है सुशासन इस व्याख्यान में देश की राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है इसमें देश की भावी योजनाओं का भी विश्लेषण होता है

स्मारक व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से आज रात साढ़े नौ बजे किया जाएगा जिसे दूरदर्शन पर भी रात दस बजे प्रसारित किया जाएगा

इसके साथ ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतगर्त चयनित स्कूलो को भी पुरस्कृत किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के गरीब और वंचित बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है

योगेन्द्र साव पर हजारीबाग के बडकागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने का आरोप है वे पिछले तीन साल से जेल में बंद हैं जिले में सभी मतदान केंद्रों पर चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए आज राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी पलाम पहंचे राज्य उप निर्वाचन पदाधिकारी मयंक भूषण के साथ निर्वाचन आयोग के प्रोग्रामर उदय शंकर राय भी मौजूद थे पदाधिकारियों ने मेदिनीनगर शहर में मौजूद विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जहां संबंधित बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य किया जा रहा था लोहरदगा जिले में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से छडाए गए आठ बंधआ मजदूरों को लोहरदगा जिले में पूर्नवासित करने के उददेश्य से विभिन्न विभागों र्के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई बैठक में उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को रेस्क्यू किये गये बंधुआ मजदूरों के बच्चों को आवासीय विद्यालय में नामांकित करने का निर्देश दिया

इसका ऑनलाइन उदघाटन सांसद जयंत सिन्हा ने किया इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने से गांव व जिला आत्मनिर्भर होगा और फिर राज्य और अंततः देश आत्मनिर्भर होगा उन्होंने कहा कि इस दिशा में ग्रांट थॉर्नटन काम करेगा गिरिडीह जिले में गांडेय थाना पुलिस ने आज चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है प्रशिक्ष् आइपीएस सह गांडेय थाना प्रभारी हरीश बीन जामा ने आज प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि दो अपराधी जामताड़ा जिला से और दो गांडेय से अपराध करते हुए पकड़े गए हैं

उन्होंने बताया कि पलामू लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा मनरेगा सहित कई अन्य योजनाओं में लेवी मांगने का काम किया जा रहा था पुलिस ने इन क्षेत्रों में अभियान चलाकर उग्रवाद को खत्म करने का निर्णय लिया है

तमिलनाडु के सेलम जिले का एडब्ल्युपीएस सुरामंगलम पुलिस थाने को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर थानों का चयन करता है

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे निःस्वार्थ और द्रदर्शी नेता थे जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सादगी और दूसरे से प्रेम करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयती पर उन्हे भावभीनी श्रद्दाजलि दी है

उन्होंने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले राजेन्द्र बाबू लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया है वहीं रांची में जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से डॉ राजेन्द्र प्रसाद और कांतिकारी नेता खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई आज परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि भी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर अल्बर्ट एक्का चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्वास्मन अर्पित की जमशेदपुर में राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट की ओर से प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्वांजलि दी गई

रामगढ़ के ब्रह्मपुत्र मैटालिक फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे में एक दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गये हैं घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा गया है यह घटना प्लांट के अंदर तकनीकी खराबी के वजह से कीलन का पीसी फटने से हुई है

गोड्डा समाहरणालय में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने गोड्डा अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में विभिन्न विषयों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया